पलामू में बाल मजदूरी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं

पलामू के उपायुक्त को आदेश दिया है कि मामले की जाँच कर कार्रवाई करते हुए संबंधित परिवारों को जरूरी सरकारी योजनाओं से मदद पहुँचाकर तथा बच्चों को शिक्षा के लिये स्कल में नामांकन करा कर सुचित करें मुख्यमंत्री ने इस संबंध में महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी से भी मामले में संज्ञान लेने को कहा है मुख्यमंत्री को सूचना दी गई थी कि पलामू के मनातू में बाल मजदूरी करायी जा रही है और बच्चों को दो हजार रुपये में राजस्थान भेजा जा रहा है राज्यभर में छप्पन हजार नौ सौ दो कोरोना संक्रमितों में से चालीस हजार छह सौ उनसठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या पंद्रह हजार सात सौ इकतीस है वहीं राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार छह सौ चौदह नए कोरोना पॅजिटिव मिले हैं कल कोरोना से नौ लोगों की मौत के बाद राज्य में मरने वालों की कुल संख्या पांच सौ बारह पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में रांची से छह सौ पैंतीस पूर्वी सिंहभूम से दो सौ पचास रामगढ़ से अंठानबे सरायकेला से इक्यानबे देवघर से तिहतर पश्चिमी सिंहभूम से एकहतर गुमला से तिरेपन हजारीबाग से छियालीस चतरा से पैंतालीस धनबाद से तैंतालीस बोकारो से बयालीस गिरिडीह से तीस साहेबगंज से इक्कीस गढ़वा से सत्रह लातेहार से पंद्रह लोहरदगा से अठारह कोडरमा से ग्यारह गोड्डा से दस दुमका और पाकुड़ से नौ नौ सिमडेगा और खूंटी से पांच पांच और जामताड़ा से दो मरीज शामिल हैं गढवा जिले में बढते कोरोना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने नियमों का अनुपालन कराना के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है

कोरोना संक्रमण को देखते हुए केन्द्रीय टीम झारखंड के दौरे पर आयी है

टीम के द्वारा डेड बॉडी मैनेजमेंट सेल की नोडल प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी सदर समीरा एस से डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी ली

पिछले दिनों किये गए मास टेस्ट ड्राइव में कितने लोगों की जांच की गई

केन्द्रीय टीम ने डॉक ऐप्प की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका लाभ हर व्यक्ति पा सकता है इस दौरान उपायुक्त छवि रंजन उप विकास आयुक्त अनन्य मित्तल अनुमंडल पदाधिकारी सदर समीरा एस अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू उत्कर्ष गुप्ता एवं संबंधित पदाधिकारी डॉक्टर उपस्थित थे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

उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरूआत की जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी संबंधित बाजार और सूचना पोर्टेल की व्यवस्था करना है इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरूआत की

इस संबंध में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी अमित साहू ने कहा कि राज्य में पचपन प्रतिशत आबादी पिछड़े वर्ग की है आयोग का यह फैसला इतनी बड़ी आबादी को सम्मान देने के लिए किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द से जल्द झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को अमलीजामा पहनाने की मांग की है

दो दिनों तक चलनेवाले कॉन्क्लेब में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की जायेगी

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन एवं जस्टिस उदित नारायण प्रसाद की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद पूर्व में दी गई राहत की अवधि को विस्तार दिया है सूचना कार्यालय व रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची तथा फील्ड आउटरीच ब्यूरो दुमका के द्वारा संयुक्त रूप में कोरोना संक्रमण में स्वास्थ्य एवं प्रतिरोधक क्षमता के लिये उचित पोषण विषय पर आज एक वेबिनार परिचर्चा का आयोजन किया गया इस वेबिनार में राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी वेबिनार को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की सलाहकार डॉ अनामिका ने बताया कि कैसे कोरोना के विकट काल में भी एनएचएम ने अपने सभी स्वास्थ्य संबंधी अभियान जारी रखे हैं उन्होंने शिशु गर्भवती महिलाओं तथा किशोरों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी अपर महानिदेशक पीआईबी रांची श्री अरिमर्दन सिंह ने कहा कि संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का प्रमुख आधार है अच्छे संयुक्त परिवारों में भी वहां पर खाना बनाने वाली महिला कुपोषित पाई जाती हैं क्योंकि वह अपने भोजन का ध्यान नहीं रखतीं वेबिनार को संबोधित करते हए भारतीय डाइटेटिक एसोसिएशन के झारखंड चौप्टर की कन्वीनर डॉ गजाला मतीन ने कहा कि वैक्सीन के अभाव में सिर्फ इम्युनिटी ही आपकी रक्षा कर पाएगी

पश्चिमी सिंहभूम में पोषण रथ के माध्यम से सुद्रवर्ती क्षेत्र में कुपोषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा राष्ट्रीय पोषण माह के जरिए महिलाओं और बच्चों में विशेष रूप से पोषण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है सोनवा प्रखंड में आज पोषण रथ को महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया श्रीमती मांझी ने स्वास्थ्य कर्मियों एवं आंगनबाडी कर्मियों से कपोषण के खिलाफ लडाई में जिम्मेदारीपुर्वक काम करने की अपील की

मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्ड़ भाई और पार्टी नेता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के इस दुनिया में नहीं होने से जो खालीपन आया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है कोडरमा मंडल कारा का एक संक्रमित कैदी सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से फरार हो गया है हत्या के मामले का आरोपी पप्प विश्वकर्मा को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था जहां से वह सुबह फरार हो गया

पलामू जिला अंतर्गत लेस्लीगंज प्रखंड मुख्यालय रिथित मुख्य बाजार में कल देर रात अचानक आग लग गई

आगलगी की घटना रात के करीब ढ़ाई बजे की है लेस्लीगंज थाना को सुचना मिलते ही थाना प्रभारी ने पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से दमकल मंगवाया इस बीच स्थानीय लोगों की भीड़ ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मेहनत की

समाप्त